प्रधानमंत्री आरोग्य सेत् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की अपील करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण से निपटने की दिशा में यह ऐप एक महत्वपूर्ण कदम है उन्होंने कहा कि यह ऐप महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराता है और जितने अधिक लोग इसका उपयोग करेंगे यह उतना ही प्रभावशाली होता जाएगा

इसका उपयोग कर लोग कोरोना से संक्रमित होने की आशंका का आकलन कर सकेंगे यह ऐप दूसरे लोगों के साथ सम्पर्क के आधार पर संक्रमण के जोखिम का आकलन करता है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश में लॉकडाउन और कफर्यू को लागू करने के प्रबंधों की पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी के साथ आज शिमला में एक समीक्षा बैठक की उन्होंने प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों व राज्य में आए तबलीगी जमात के सदस्यों के कारण उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया राज्यपाल ने पुलिस महानिदेशक से पुलिस कर्मियों को मास्क सैनिटाईजर और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट उपलब्ध करवाने को कहा बंडारू दत्तात्रेय ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की सुरक्षा का ध्यान रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए राज्यपाल ने प्रदेश में कानून व्यस्था सहित चिकित्सा व खाद्य सामग्री का वितरण उचित व व्यवस्थित ढंग से करने पर संतोष जताया पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी ने राज्यपाल को पूरी स्थिति और केंद्र व राज्य सरकारों के निर्देशों के अनुसार पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं के बारे अवगत करवाया उन्होंने बताया कि अंतरराज्जीय समीओं को सील करने के लिए पर्याप्त पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज मनाली व आसपास के क्षेत्रों में कफ्यू की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए उन्होंने लॉकडाउन से मनाली में फंसे कोलकाता और पंजाब के पर्यटकों का हालचाल भी पूछा गोविंद ठाकुर ने इन्हें खाद्य सामग्री सहित मास्क व सैनेटाईजर भी दिए उन्होंने लॉकडाउन समाप्त होने तक इन पर्यटकों को यहीं रहने का आश्वासन दिया बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा को प्रदेश में कोरोना से उत्पन्न स्थिति और सरकार और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी

नड्डा ने भाजपा कार्यकर्ताओं से पीएम और सीएम रिलिफ फंड में अंशदान देने के अलावा हर व्यक्ति को आरोग्य ऐप्प डाउनलोड करने के लिए कार्य करने का आग्रह किया

डी सी मंडी मंडी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा है कि लाल बहादुर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल नेरचौक में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के पुख्ता प्रबंध किए गए है

ऋग्वेद ठाकुर ने कहा है कि मरीजों के इलाज में मानक प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश में पशुचारे को लेकर किसानों को आ रही समस्याओं का समाधान करने का सरकार से आग्रह किया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पशुचारे की कमी के चलते किसानों को पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब से महंगे दामों पर तूड़ी मंगवानी पड़ रही है

बैठक कांगड़ा जिला में तबलीगी जमात से संबंधित व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद नूरपुर क्षेत्र में आपसी भाईचारे व सौहार्द कायम रखने के लिए आज नूरपुर में एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में पीस कमेटी का आयोजन किया गया इस अवसर पर विभिन्न जरूरी बिंदुओं पर विचार विमर्श कर सभी लोगों की राय ली गई एसडीएम ने तबलीगी जमात से लौटै लोगों की सूचना प्रशासन व पुलिस को देने की अपील भी की उन्होंने कोरोना वायरस से लोगों को सर्तक रहने और किसी भी तरह की अफवाहों से बचने की सलाह दी उधर रिकांगपिओ में किन्नौर ज़िला पुलिस अधीक्षक एसआर राणा की अध्यक्षता में भी एक बैठक हुई इस दौरान ज़िले में रह रहे विभिन्न धर्म समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया

उन्होंने कहा कि अब तक एक लाख मास्क विभिन्न विभागों और संस्थाओं को दिए जा चुके है

मास्क जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की यूरनाथ पंचायत की महिला मंडल सदस्य इन दिनों कोरोना वायरस से बचाव के लिए गांव गांव जाकर लोगों को मास्क बाटने का कार्य कर रही हैं इसके अलावा वे सरकारी कार्यालयों में भी अपने हाथों से निर्मित मास्क वितरित कर रही हैं उधर किन्नौर जिले की सभी पंचायतों में मास्क व सेनिटाईजर खरीदने के लिए फंड जारी होने पर कोठी पंचायत की महिलाएं मास्क बनाने के कार्य में जुटी हैं

इस बीच उपायुक्त ने कुठैड़ा खैरला क्षेत्र का आज दौरा कर प्रबंधों का जायजा लेकर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए

बैंक के अध्यक्ष खुशी राम बालनाटाह व प्रबंध निदेशक पंकज ललित ने आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इस राशि का चैक भेंट किया

मुख्यमंत्री ने इस उदार योगदान के लिए सभी का आभार व्यक्त किया है कोरोना सलाह कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए जहां देशभर में लॉकडाउन किया गया है वहीं चंबा ज़िला के रवि कुमार ने चीन से लोगों को योग के माध्यम से कोरोना को पराजित करने की सलाह दी है

उन्होंने वायरस से बचने के लिए दिनभर गर्म पानी पीने के साथ बार बार साबुन से हाथ धोने मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने का आहवान भी किया है

उन्होंने भस्त्रिका कपालभाति व भ्रामरी और अनुलोम विलोम करने का सुझाव दिया है हरिकेश मीणा हमीरपुर के उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कर्फ्यू के दौरान कृषि कार्यो से जुड़े लोगों को कर्फ्यू पास प्रदान करने के लिए कृषि व बागवानी विभाग के अधिकारियों को अधिकृत करने के आदेश जारी किये हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार किसानों को खेती बाड़ी के बारे में छूट दी गई है हरिकेश मीणा ने कहा कि आगामी कुछ दिनों में गेंहू जौ सरसों और आलू व मटर की कटाई व तुडाई का कार्य शुरू होने वाला है